मोबाइल चिकित्सा यूनिट प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के सभी हाट बाजारों में ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी दो अक्टूबर से मोबाइल चिकित्सा यूनिट शुरू की जाएगी इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को हाट बाजारों का चिन्हांकन और कार्ययोजना बनाकर पद्रंह सितंबर तक देने के लिए कहा है हाट बाजारों में भेजे जाने वाले मोबाइल चिकित्सा यूनिट में डॉक्टर पैरामेडिकल स्टॉफ के साथ पर्याप्त दवाए होंगी इस चिकित्सा यूनिट में ग्रामीण चिकित्सकीय परामर्श ले सकेंगे और उनका उपचार भी किया जाएगा गौरतलब है कि दूरदराज इलाके के ग्रामीणों को साधनों की कमी के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता है इसलिए हाट बाजारों में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इसके पहले दंतेवाड़ा बस्तर सहित कुछ अन्य जिलों के हाट बाजारों में मोबाइल यूनिट के जरिये ग्रामीणों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है वन भूमि मान्यता अनुसूचित जनजातियों और वन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों द्वारा काबिज वन भूमि की मान्यता देने के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है प्रदेश में अब तक करीब चार लाख से अधिक व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकों का वितरण कर तीन लाख बयासी हजार हेक्टेयर वन भूमि पर मान्यता दी गई है इसी तरह सामुदायिक वनाधिकार के मामलों में चौबीस हजार से अधिक वन अधिकार पत्रकों का वितरण कर नौ लाख पचास हजार हेक्टेयर वन भूमि पर अधिकारों की मान्यता राज्य सरकार ने दी है गौरतलब है कि राज्य सरकार पीढ़ियों से काबिज लोगों को वन भूमि पर सामुदायिक अधिकार दिलाने प्रोत्साहित कर रही है इसी को तहत दूरस्थ इलाकों में वन अधिकार समितियों के गठन और उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जा रहा है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वन अधिकार पत्रकों के वितरण के मामले में ओडिशा और वन भूमि को मान्यता देने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है

इसके तहत मतदाताओं की आधारभूत जानकारी का सत्यापन किया जाएगा इस संबंध में रायपुर स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई बैठक में उपस्थित सभी राजनीतिक दलों ने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम की सराहना की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के तहत मतदाता अब सूची में अपना नाम जुड़वाने हटाने और संशोधित करने का कार्य स्वयं कर सकेंगे साथ ही अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भी उपलब्ध करा सकेंगे वहीं मतदाता अपने मृत और स्थानांतरित परिजनों के नाम विलोपन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं इस कार्यक्रम के तहत मतदाता एनवीएसपी वोटर हेल्पलाइन ऐप सीएससी ईआरओ ऑफिस और कॉल सेंटर के राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन एक एक नौ पांच शून्य पर जानकारी ले सकते हैं वहीं जिला स्तरीय टोल फ्री नंबर एक नौ पांच शून्य के माध्यम से स्वयं अपनी आधारभूत जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं

केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद यसो नाइक ने तमिलनाडु के वेल्लूर में एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर यह जानकारी दी आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्रीपद नाइक ने बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में शोध को बढावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे शोध संस्थान खोले जाएंगे केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छह महीने के बुनियादी चिकित्सा पाठयक्रम का भी शुभारंभ किया जीएसटी बैठक वाणिज्य कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में व्यापारिक संगठनों से जुड़े लोगों की बैठक ली इस दौरान श्री सिंहदेव ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में व्यापारियों से सुझाव मांगे व्यापारियों ने करों को लेकर होने वाली परेशानियों के संबंध में श्री सिंहदेव को अवगत कराया बैठक में श्री सिंहदेव ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को नई दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में रखा जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने हरसंभव प्रयास करेगी

राष्ट्रपति के इस संबोधन को आकाशवाणी के सभी चैनलों पर शाम सात बजे से प्रसारित किया जाएगा श्रोताओं को हम बता दें कल रायपुर आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में बदलाव किया गया है कल यह समाचार बुलेटिन शाम सात बजकर आठ मिनट के स्थान पर रात नौ बजकर सोलह मिनट पर प्रसारित किया जाएगा इसी तरह कल एफएफ बुलेटिन के समय में भी बदलाव किया गया है प्रतिदिन शाम छह बजकर अंठावन मिनट पर प्रसारित होने वाले एफएम बुलेटिन कल शाम छह बजकर संतावन मिनट पर प्रसारित किया जाएगा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंद्रह अगस्त को लालकिले से ध्वजारोहण और प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश का सीधा प्रसारण सुबह सात बजकर पांच मिनट से कार्यक्रम समाप्त होने तक किया जाएगा वहीं मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम पंद्रह अगस्त को संदेश मॉर्निंग न्यूज समाप्त होने के बाद प्रसारित किया जाएगा

जो लोग डिस्कवरी चैनल पर बेयर ग्रिल्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैन वर्सिस वाइल्ड कार्यक्रम कल नहीं देख पाए थे वे इसे आज रात नौ बजे दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर देख सकते हैं यह कार्यक्रम भारत की समृद्ध पर्यावरण विरासत और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने के बारे में दुनिया को जानकारी देने का शानदार अवसर प्रदान करता है आवास निर्माण नवा रायपुर के सेक्टर चौबीस में मुख्यमंत्री मंत्री विधायकों अधिकारियों और पत्रकारों के लिए आवासों का निर्माण किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने आज इन आवासीय स्थलों का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य एक साल के भीतर पूर कराने के निर्देश लोक निर्माण विभाग और एनआरडीए के अधिकारियों को दिए गौरतलब है कि विधायकों का आवास पहले छेरीखेड़ी में बनने वाला था लेकिन अब नवा रायपुर में ही उनके लिए आवास बनाए जाएंगे

जम्मू कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए हटने के बाद लोगों को इस संबंध में जानकारी देने यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है इस कार्यक्रम में सभी भाजपा सांसदों का सम्मान किया जाएगा मौसम मौसम विभाग ने आगामी अड़तालीस घंटों के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है वहीं बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी आरके वैश्य ने बताया कि पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बारिश होने के आसार है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रूक रूककर बारिश हुई संक्षिप्त समाचार सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशभक्ति गीत वतन जारी किया यह विशेष गीत दूरदर्शन ने तैयार किया है राजधानी रायपुर में कल सुबह सात बजे स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया जाएगा यह दौड़ शहीद भगत सिंह चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गो से होते हुए वापस भगत सिंह चौक पहुंचेगी इसमें स्कूली छात्र छात्राएं और खेल संघों से जुड़े लोग शामिल होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रायपुर स्थित निवास में कल सुबह ग्यारह बजे से जनचौपाल भेंट मुलाकात का आयोजन किया जाएगा दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र में माओवादियों ने गुमियापाल गांव से छह ग्रामीणों को अगवा कर लिया था जिनमें से एक ग्रामीण को छोड़ दिया गया है